इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

निशुल्क अनाज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय खादय स्रक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी केन्द्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलो चावल या गेहं दिया जाएगा

टीकाकरण सोमवार बुधवार गुरुवार और शनिवार को स्बह नौ बजे से शाम पांच बजे तक होगा टीकाकरण कराने वाले य्वाओं से वर्च्अली चर्चा करते हए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश एवं देश की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें वैक्सीनेशन का स्रक्षा चक्र प्रदान किया जा रहा है

लोगों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे

सीधीसागर सहित अन्य जिलों में भी टीकाकरण स्चारू रूप से शुरू हो गया है डीआरडीओ कोरोना कोरोना संक्रमण की द्वसरी लहर के मद्देनजर रक्षा अन्संधान और विकास संगठन डीआरडीओ मजबूत चिकित्सा ढांचे और उपकरण के निर्माण में निरंतर काम कर रहा है आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड़डी ने कहा कि संगठन देश के विभिन्न भागों में कई कोविड विशेष अस्पताल बना रहा है

श्री रेड्डी ने बताया कि संगठन देशभर में पांच सौ से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के कार्य में लगा है और टेक्नॉलोजी के जरिये अतिरिक्त चिकित्सकीय ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाने की कोशिश कर रहा है ग्लेरिया सटोरायड दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का हल्का संक्रमण होने पर पहले पांच दिन में स्टेरॉएड लेना नुकसानदेह हो सकता है उन्होंने कहा कि स्टेरॉएड संक्रमण बढने पर ही लिया जाना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि स्टेरॉएड का अधिक मात्रा में सेवन करने से गंभीर वायरल निमोनिया हो सकता है

एम्स भोपाल कम संक्रमित कोविड मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार करने जा रहा है वहीं एम्स की अधीक्षिका डॉ मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हमारे यहां के लिए तीन हजार रेमडेसिवर देने की स्वीकृति मिली है जो अगले सप्ताह तक भोपाल एम्स को मिल जाएंगे

उधर होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण लगातार जारी है

सतना में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सतत उपलब्धता को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई इसमें सांसद गणेश सिंह कलेक्टर अजय कटेसरिया और अन्य अधिकारी शामिल हए

समाधान ग्रप कोरोना महामारी के दौर में लोगों को दवा अस्पताल में बेड आक्सीजन और एम्बूलेंस की ब्यवस्था कराने के लिये शहडोल जिले के य्वाओं ने समाधान ग्र्प बनाया है इस ग्रप में शहडोल के अलावा अनूपप्र और उमरिया जिले के य्वा भी जुड़े हैं समाधान ग्र्प ने सोशल मीडिया पर एक लिंक तैयार किया है इस लिंक के माध्यम से संभाग के सभी कोविड केयर सेंटरों और अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की स्थिति साझा की जा रही है चिकित्सक एम्बूलेंस मेडिकल स्टोर सब्जी फल और अन्य सामग्री की होम डिलवरी की स्विधा से संबंधित सभी जानकारियाँ इस लिंक में मौजूद है